प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज फिट इंडिया अभियान की करेंगे शुरूआत

सरकार ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के चीनी मैसम के दौरान अतिरिक्त भंडार की समस्या से निपटने के लिए यह फैसला किया है सीसीईए ने चीनी मिलों को दस हजार चार सौ अड़तालिस रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से एक मृश्त निर्यात सक्सिडी देने की भी घोषणा की है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इससे लाखों गन्ना किसानों को लाभ होगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस तक देश में पचहत्तर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी मंजूरी दी है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

ये सभी जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है ऐसे अनसर्वड जिलों में किए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में नवनिर्मित सात चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस प्रथम बैच के छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिये लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और खर्च के बाद छात्र छात्राएं चिकित्सक बनते हैं इसलिये उन्हें मरीजों की सेवा भाव से काम करना चाहिये

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में चौदह नये मेडिकल कॉलेज बनाये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया है अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर की जा सकेगी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि रेडियो संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है श्री जावड़ेकर कल नई दिल्ली में आयोजित सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दूसरे दिन संबोधित कर रहे थे सामुदायिक रेडियो की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो हाल के दिनों में संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है और लोकतंत्र में प्रमुख भूमिका निमा रहा है ये एक बहुत अच्छा मीडियम है

क्योंकि रेडियो जितनी विश्वसनीयता किसी की भी नहीं श्री जावडेकर ने विभिन्न क्षेत्रों में बहमुल्य योगदान के लिए विभिन्न सामुदायिक रेडियो चैनलों को उत्कृष्टता प्रस्कार दिए विषयगत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के सलाम नमस्ते को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक अरब तीस करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया इन परियोजनाओं में अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में निर्मित एक आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर भी शामिल है इस अवसर पर बहत्तर आरोग्य केंद्रों का लोकार्पण भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह दस बजे फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे और लोगों को शपथ दिलाएंगे अभियान का उद्देश्य शारीरिक व्यायान और खेल कूद को लोकप्रिय बनाना है इसका सजीव प्रसारण दूरदर्शन द्वारा पूरे देश में होगा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

इस अवसर पर हम देशभर में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं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 आकाशवाणी से विशेष बातीचत में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित करना चाहिए सबसे पहले हमें स्ट्रडेंट्स को और सीरियस होना पड़ेगा और जिम्नास्टिक करने को आना पड़ेगा और सेकेंडली हमारे कोच हैं उनको बहुत ज्यादा और मेहनत करना पड़ेगा

खेल दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित खिलाडियों को खेल प्रस्कारों से सम्मानित करेंगे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुलसचिव तथा उच्च रिक्षा विभाग के निदेशक एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में फिट इंडिया मूक्मेंट के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण स्क्रीन लगाकर छात्रों के देखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर दिलाए जाने वाली फिटनेस शपथ को सभी छात्र जनप्रतिनिधि और नागरिक ग्रहण करें साथ ही अपने जीवन में उनका अमल भी करें राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित राजभवन में खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रदेश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे

अब इस प्रखंड पर यातायात शुरू हो जाने के बाद लखीमपुर खीरी से लखनऊ बड़ी लाइन के द्वारा जुड़ गया है अक्टूबर दो हजार सोलह में इस प्रखंड पर रेल यातायात आमान परिवर्तन के कारण बंद कर दिया गया था इस अवसर पर बोलते हुए रेल राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही मैलानी रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जायेगा और इस जनपद को शीघ्र ही हेरीटेज रेलगाड़ी उपलब्ध कराई जायेगी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को एक और कार्यकाल के लिये पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और ऑल इंडिया स्टेट पार्टी यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मायावती को सर्वसम्मति से फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है लखनऊ में पार्टी कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी गई इस मौके पर मायावती ने सभी के प्रति आभार जताया प्रसिद्व शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी गोरखपुर एवं सी आ सी गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम फिराक गोरखपुरी के नाम से कल एक अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया